मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

साथ ही उन्होंने विश्व की पहली डेढ किलोमीटर लंबी डबल स्टैंक कंटेनर ट्रेन को भी न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए झंडी दिखाकर रवाना किया इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस विशेष मालवाहक गलियारे को देश के लिए परिवर्तनकारी परियोजना को रूप में देखा जा रहा है

इस अवसर पर रेलमंत्री पीयूष गोयल राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी उपस्थित थे

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से भिवाड़ी में सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र के पास डीएफसी स्टेशन को लेकर मांग की जिसका लाभ राजस्थान को मिलेगा मुख्यमंत्री ने श्री मोदी से जैसलमेर बाड़मेर को मुंदड़ा कांडला बंदरगाह से जोड़ने के लिये नई रेल लाईन का भी आग्रह किया

श्री मिश्र ने कहा कि इससे राजस्थान में तेजी से औद्योगिक विकास होगा और कृषि उत्पादों को भी नए बाजार मिल सकेंगे उन्होंने कहा कि इससे अजमेर का गुलाब किशनगढ़ का मार्बल राजस्थान की बाजरा और सरसों की फसलों का और अधिक प्रभावी ढंग से देश विदेश में विपणन हो सकेगा देश में आगामी दिनों में होने वाले कोरोना के टीकाकरण के लिये सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है

वर्च्यअली आयोजित बैठक में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने केन्द्रीय मंत्री को प्रदेश की तैयारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी

स्वास्थ्य विभाग में टीकाकरण के परियोजना निदेशक डॉ रघुराज सिंह ने बताया कि दूसरे चरण के तहत अग्रिम पंक्ति में काम करने वाले कार्मिकों को शामिल किया जायेगा जिसमें पुलिसकर्मी आपदा प्रबंधन समेत अन्य विभागों के कर्मचारी शामिल है आकाशवाणी के श्रोताओं तक कोरोना वैक्सीन से जुड़ी जानकारी पहुंचाने के उददेश्य से समाचार विभाग द्वारा ब्रुलेटिन में महत्वपूर्ण सवाल जवाब श्रृंखला शुरू की गयी है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

पश्पालन विभाग के निदेशक डॉ वीरेन्द्र सिंह ने बताया कि झालावाड जयप्र बारा कोटा सवाईमाधोप्र में ज्यादा पक्षी मरे हैं इसके अलावा कई अन्य जिलों में भी पक्षियों की मृत्यु हई हैं उन्होंने बताया कि एवियन एन्फ्यूएंजा वायरस से ज्यादातर कौवें की मृत्यु हुई है अभी तक मुर्गियों में कहीं भी इस वायरस की पृष्टि नहीं हई है उन्होंने बताया कि सभी जिलों में रेपिड रेस्पोर्स टीम गठित की गयी हैं साथ ही प्रभावित जिलों में विशेषज्ञों की टीम भेजी गयी है श्री सिंह ने बताया कि सभी जिलों में संचालित पोल्ट्री फार्म का डेटा लिया जा रहा है उन्हें समय समय पर जरूरी उपाय करने के बारे में जागरूक किया जा रहा है

इस बीच केन्द्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के सचिव अतुल चतुर्वेदी ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि स्वस्थ मुर्गियों के मांस और अण्डों के इस्तेमाल से मनुष्यों में बर्ड फ्लू का खतरा है

केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज यह घोषणा की उन्होंने बतायाकि आईआईटी खडगपुर इस परीक्षा को आयोजित करेगा

यह सुविधा केवल नियमित ट्रेनों के आरक्षित टिकटों पर लागू होगी

माउण्ट आबू में आज भी पारा जमाव बिन्दु से नीचे दर्ज किया गया लेकिन कल के मुकाबले न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है

मौसम विभाग ने कल जयपुर भरतपुर और कोटा संभागों में एक या दो स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है

श्री निशंक ने कहा कि यह टॉय कथॉन भारतीय मुल्यों पर आधारित अभिनव खिलौनों की अवधारणा के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करेगा जो बच्चों के बीच सकारात्मक व्यवहार और अच्छे मूल्य विकसित करेगा